प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत ने आज प्रथ्वी की निचली कक्षा में एक उपग्रह को उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र के जरिए सफलतापूर्वक मार गिराया देश के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन शक्ति एक बहुत कठिन अभियान था जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया उन्होंने कहा कि यह क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति तेज गति वाला एक बहुत ही जटिल अभियान था जिसे असाधारण सूक्ष्मता के साथ हासिल किया गया यह सफलता भारत के वैज्ञानिकों के असाधारण कौशल और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है श्री मोदी ने इस सफलता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी और मिशन शक्ति को एक असाधारण उपलब्धि बताया उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य भारत की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भो नई मजबूती प्रदान करेगा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वासन दिया कि भारत इस क्षमता का उपयोग किसी के खिलाफ नहीं करेगा और यह सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सफलता देश को और मजबूत और सुरक्षित बनायेगी और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देगी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मिशन शक्ति की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत दुनिया की एक अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी डीआरडीओ को बधाई दी और कहा कि वज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर उन्हं बहुत गर्व है केन्द्र में नवगठित लोकपाल संस्था के सभी आठ सदस्यों को आज नई दिल्ली में पद की शपथ दिलाई गई संस्था के प्रमुख न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष ने इन लोगों को शपथ दिलाई शपथ लेने वाले सदस्य हैं दिलीप भोंसले प्रदीप कुमार मोहंती अभिलाषा कुमारी अजय कुमार त्रिपाठी अर्चना रामसूंदरम दिनेश कुमार जैन महेन्दर सिंह और इन्द्रजीत प्रसाद गौतम भारतीय जनता पार्टी के हरदोई से सांसद अंशुल वर्मा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये हैं

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने हरदोई से वर्तमान सांसद अंशूल वर्मा के स्थान पर जय प्रकाश रावत को टिकट दिया है इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कोई फर्क नहीं है उन्होंने कहा कि देश को पीछे ले जाने गरीबी और बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है श्री यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों की कर्जमाफी और उनकी आय दोगुना करने का जो सपना दिखाया उससे किसानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पांडेय की उपस्थिति में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गयी पार्टी में शामिल होने वालों में सपा की पूर्व विधायक शकून्तला देवी बसपा के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित और रमेश बिन्द तथा रालोद के पूर्व विधायक सत्येन्द्र सोलंकी शामिल हैं इसके साथ ही भोजपुरी गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहआ भी भाजपा में शामिल हो गये हैं भोजपुरी कलाकार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की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

नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को होगी और आठ अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे

इन संसदीय क्षेत्रों में एक करोड़ छियत्तर लाख मतदाता हैं जिनमें अस्सी लाख नब्बे हजार महिला मतदाता शामिल हैं जबकि दो लाख अटठान्नबे हजार छह सौ उन्नीस यूवा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इन निर्वाचन क्षेत्रों में बारह हजार एक सौ अट्ठाइस मतदान केन्द्र हैं

नामांकन पर्चो की जांच आज की गयी

लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रचार तेज हो गया है राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज अमेठी के मुसाफिर खाना और जगदीशपुर में चुनावी जनसभा में लोगों को संबोधित किया वहीं प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शामली जनपद में चूनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि कैराना क्षेत्र से लोगों का पलायन रूक गया है लोगों को सुरक्षा का माहौल मिल रहा है और जिले में विकास की रफ्तार तेज हुई है